कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

राज्यसभा कषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हई चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है कृषिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं उन्होंने कहा कि ख्ले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भ्रगतान करने की आवश्यकता नहीं है कृषि कानूनों में अन्बंध कृषि के बारे में विपक्षी सदस्यों के कई प्रश्नो के जवाब में कृषिमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोग्ना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाये गए हैं

देहरादून से मुख्यमंत्री वर्च्अल माध्यम से सभी कार्यक्रम स्थलों में लोगों के साथ संवाद करेंगे सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के निबन्धक बीएममिश्र ने यह जानकारी दी

समझौता ज्ञापन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि देहराद्रन में बनने वाले साइंस सिटी सबके आकर्षण का केन्द्र बने इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा आज म्ख्यमंत्री की मौजूदगी में साइंस सिटी के लिए उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एनसीएसएम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हए साइंस सिटी लगभग चार वर्षो में बनकर तैयार हो जायेगी

साइंस सिटी में खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौदोगिकी की विरासत भूगर्भीय जीवन जलवायु परिवर्तन ऊर्जा जैव प्रौद्योगिकी वर्चुअल रियलिटी ऑग्मेंटेड रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स के साथ स्पेस थियेटर सह तारामंडल हिमालय की जैव विविधता पर डिजिटल पैनोरमा थीम पार्क आदि बनाये जाएंगे साथ ही अन्य सुविधाओं के रूप में कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शनी हॉल भी साइंस सिटी का हिस्सा होंगे

इनमें से तीन बच्चे टिहरी जिले से हैं अगले चरण में चयनित होने वाले बच्चों को प्रोग्रामिग और कोडिंग सिखाई जाएगी केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों छात्रों को लैपटॉप दिए गए है जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव और म्रख्य शिक्षाधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले बच्चों को अपने स्थानीय परिवेश की समस्याओं को ढूंढना था और फिर उन समस्याओं का हल आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के आधार पर प्रस्तुत करना था

मौसम प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी हुई है सरोवर नगरी नैनीताल में आज बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए वहीं अल्मोड़ा के मोतियापत्थर और स्याहीदेवी में साल की पहली बर्फबारी हुई चंपावत जिले में बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही ऊंचे स्थानों में हिमपात हुआ है पिथौरागढ़ जिले में भी बारिश के साथ ओले गिरे पौड़ी में भी आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई शीतकाल की इस बर्फबारी से किसान खुश हैं

वहीं आज कई जगह ध्प भी खिली टिहरी जिले स्थित धनौल्टी सहित नाग टिब्बा पवाली चम्बा चंद्रबदनी कांठा खैट चिरबटिया सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल बर्फबारी के बाद आज मौसम खुला उधर बागेश्वर जिले में उच्च हिमालयी गांव बर्फ से लकदक हो गए हैं बादियाकोट क्षेत्र में एक फीट हिमपात हुआ है जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं पानी नलों में जम गया है और घास भी बर्फ से दब गई है जिसके कारण मवेशियों के लिए चारे की दिक्कत हो गई है हालांकि सर्दियों में इस बार औसतन बारिश कम हई है किसानों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है गांवों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है अंगीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास से हरिद्वार जिले में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का श्भारम्भ किया

सरकारी स्कूलों में ब्नियादी ढ़ांचे और शिक्षण की गुणवता में सुधार करने के उद्देश्य से हरिद्वार जिले में कॉर्पोरेट सेक्टर और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है नीति आयोग द्वारा हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अंगीकरण कार्यक्रम से स्कूलों में अवस्थापना स्वविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा उन्होंने कहा कि हरिद्वार से शुरू हो रहा यह अभियान सबको गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में निश्चित रूप से मददगार होगा